अब तक दो सौ उनचास लोगों की मौत और राज्य में बाढ़ की विभिषिका जारी राहत और बचाव कार्य जोरों पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी कोविड उन्नीस के खिलाफ संघर्ष में देशवासियों के सहयोग की सराहना की है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज अपने विचार साझा करते हये श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड उन्नीस का मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अन्य देशों को मुकाबले हमारे देश में इस महामारी से कम लोगों की जान गई है उन्होंने कहा कि हालांकि एक व्यक्ति की मौत भी दुखद है फिर भी भारत ने सभी प्रयास कर लाखो लोगों की जान बचाई है

प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर देशवासियों को आगाह किया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए अधिक सतर्क रहने की जरूरत है श्री मोदी ने लोगों को मॉस्क लगाने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की साउंड बाई चेहरे पर उों लगाना या गमछे का उपयोग करना दो गज की दूरी लगातार हाथ धोना कहीं पर भी थूकना नहीं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं द्य कभी कभी हमें उों से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से जें

के कारण परेशानी मिमस होती हो मन करता हो उतार देना है तो पल भर के लिए उन क्वबजवते का स्मरण कीजिये उन नर्सो का स्मरण कीजिये हमारे उन कोरोना वारियर्स का स्मरण कीजिये आप देखिये वो उो पहनकर के घंटो तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है तो दूसरी ओर कडी मेहनत से व्यवसाय नौकरी या जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है और उसको नई ऊंचाई तक ले जाना है प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों का जिक्र करते हुए उनकी सराहना की उन्होंने नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए बिहार के कुछ युवाओं का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के कुछ युवा मोती की खेती कर रहे हैं श्री मोदी ने बताया कि इन युवाओं ने प्रशिक्षण के साथ आवश्यक जानकारी जुटाकर अपना काम शुरू किया और अब वे अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं

गांवो से स्थानीय नागरिकों के ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने बताया कि बिहार के स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने मधुबनी पेंटिंग वाले मॉस्क बनाए हैं और भोकल फॉर लोकल अभियान को एक नई दिशा दी है दरभंगा के लहरियासराय की रजनी कुमारी ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा करते हये बताया कि मास्क बनाने से उसे आय का साधन मिला है

मैं बंगाली तोला लहरियासराय दरभंगा की रहने वाली हूं कोरोना से बचाव के लिए हम सभी को मास्क का उपयोग करना अत्यंत अनिवार्य है हमने इस परिस्थति को ध्यान में रखते हुए अपनी मिथिला की समृद्ध मिथिला पेंटिंग युक्त मास्क बनाना शुरू किया जिससे हमें दो फायदा हुआ एक तो हमें अपनी कला को प्रदर्शन करने को मौका मिला साथ ही इस कार्य से हमारी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई मन की बात साझा करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी

करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कमी नहीं भूल सकता पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पाल कर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था लेकिन कहा जाता है न रश्बैरू अकारण सब काहुं सो जो कर हित अनहित पाहुं सोश्श यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना प्रधानमंत्री ने आने वाले रक्षाबंधन पर्व की लोगों को शुभकामनाएं देते हुये कहा कि इस बात की प्रसन्नता होती है कि कुछ लोग और संस्थाएं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं

मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कई लोग और संस्थायें इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अमियान चला रहें हैं

हमारे पर्व हमारे समाज के हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े उसका भी पर्व खुशहाल हो तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ का सामना कर रहा है बिहार असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में बाढ़ के कारण काफी मुश्किलें पैदा हो हुई हैं

राज्य में बाढ की विभीषिका जारी है ग्यारह जिलों में लगभग पंद्रह लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं दरभंगा मुजफ्फरपुर सुपौल सीतामढ़ी गोपालगंज पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरो पर है भारतीय वायुसेना के तीन हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं अब तक प्रभावित लोगों के बीच बीस हजार से अधिक सूखे भोजन के पैकेट और अन्य जरूरी सामान वितरित किये गये हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल की पच्चीस टीमें राहत और बचाव कार्य में लगा दी गई है अब तक लगभग डेढ़ लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है बाढ़ प्रभावित इलाकों में छब्बीस राहत शिविर चलाये जा रहे हैं बाढ़ से जुड़ी दुर्घटनाओं में अब तक तिरपन लोगों की मौत हुई है गंडक ब्रढ़ी गंडक बागमती महानंदा कमला बलान समेत राज्य की अधिकांश नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघाघाट और हाथीदह मुंगेर भागलपुर समेत विभिन्न स्थानों पर बढ़ रहा है गंडक नदी पश्चिम चंपारण के चटिया गोपालगंज के डुमरियाघाट में खतरे के निशान के करीब बह रही है बूढ़ी गंडक का जलस्तर पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रोसड़ा खगड़िया में कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है इधर बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज और रून्नीसैदपुर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद तथा दरभंगा के हायाघाट में खतरे के निशान के करीब डेढ़ मीटर ऊपर बह रही है कमला बलान नदी मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में कोसी सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया के ढेंगराघाटा और कटिहार के झाबा में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के हायाघाट थलवारा रेलवे स्टेशन के बीच बने रेल पूर संख्या सोलह पर बागमती नदी का पानी चढ़ जाने के कारण आज तीसरे दिन भी समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेल खंड बंद होने के कारण बारह ट्रेनों का मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर सगौली रेल खंड पर भी आज दूसरे दिन ट्रेनों का परिचालन बाधित है इस खंड पर चलने वाली आठ गाड़ियों का भी रूट बदला गया है बाढ़ के कारण प्रभावित दोनों रेलखंडों की गाड़ियों का परिचालन भाया रक्सौल सिकटा नरकटियागंज और समस्तीपुर मुजफ्फरपुर छपरा और गोरखपुर के रास्ते किया जा रहा है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना समेत राज्य के अधिकतर स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर दो सौ उनचास हो गयी है सबसे अधिक सैंतीस लोगों की मृत्यु पटना जिले में हुयी है जबकि भागलपुर में पच्चीस लोगों की मृत्यु हुई है इधर राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामालों की संख्या लगातार बढ़ रही है प्रदेश में कुल दो हजार छह सौ पांच नये पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर अड़तीस हजार नौ सौ उन्नीस हो गयी है सबसे अधिक छह सौ बीस नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुयी है वहीं मुजफ्फरपुर में एक सौ तेईस गया में एक सौ बारह नालंदा में एक सौ पांच भोजपुर और सारण में एक सौ दो एक सौ दो जबकि रोहतास में चौरानवे जमुई में तिरानवे वैशाली में चौहत्तर भागलपुर में इकहत्तर बेगूसराय में चौंसठ तथा नवादा समस्तीपुर और सुपौल में साठ साठ मामले सामने आये हैं इधर लखसराय सहरसा पूर्णिया बक्सर दरभंगा और किशनगंज में पचास पचास से ज्यादा नये मामलों की पुष्टि हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सत्रह सौ अठासी लोग स्वस्थ हुये है इसके साथ ही संक्रमण से मुक्त होने वालों की कुल संख्या बढ़कर छब्बीस हजार तीन सौ आठ हो गयी है राज्य में स्वस्थ होने की दर लगभग अड़सठ प्रतिशत पहुंच गयी है देश में बेहतर उपचार प्रबंधन के कारण कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने की दर अब तिरसठ दशमलव नौ एक प्रतिशत हो गयी है वहीं कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव तीन एक प्रतिशत तक आ गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक आठ लाख पचासी हजार पांच सौ सतहत्तर लोग कोरोना के उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं जबकि देश में अभी चार लाख सड़सठ हजार आठ सौ बयासी लोगों का इलाज चल रहा है जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़तालीस हजार छह सौ इकसठ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की सख्या बढ़कर तेरह लाख पचासी हजार पांच सौ बाईस हो गयी है दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉसंजय पांडे ने मास्क के प्रयोग के बारे में बात करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना बहुत जरूरी है साउंड बाईट मास्क की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है या फ्लू के लक्षण नहीं हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस पर भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गयी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क हादसे में मृतकों के गहरी संवेदना व्यक्त करते हुये निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है

अब तक दो सौ उनचास लोगों की मौत और राज्य में बाढ़ की विभिषिका जारी राहत और बचाव कार्य जोरों पर